प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल प्रत्यक्ष कर सुधार की दिशा में सरकारी पोर्टल की करेंगे शुरुआत

राज्य में मानसूनी बादल आज भी रहे मेहरबान कई जिलों में दर्ज की गई अच्छी बारिश

आज पत्रकारों से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि उनकी लड़ाई लोकतंत्र बचाने को लेकर है और जो विधायक उनसे नाराज हैं उन्हैं भी साथ लेकर प्रदेश की जनता की सेवा करने का संकल्प पूरा किया जायेगा इस बीच विधानसभा सत्र का दिन नजदीक आने के साथ ही राज्य सरकार पर छाये संकट के बादल साफ होते नजर आ रहे हैं आज जैसलमेर ठहरे कांग्रेस और समर्थक विधायकों का दल जयपुर लौट आया फिलहाल उन्हें होटल में फिर से निगरानी में रखा गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज विशेष विमान से जोधपुर पहुंचे

मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए लोगों के साथ मुलाकात की श्री गहलोत ने पाक शरणार्थियों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया

श्री गहलोत ने अधिकारियों को केन्द्रित होकर जांच करने के निर्देश देते हुए कहा कि उन क्षेत्रों में जांच का दायरा बढ़ाया जाये जहां संक्रमण का खतरा ज्यादा होने की आशंका है

उन्होंने कहा कि सरकार कॉ प्रयास है कि प्रदेश में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत न हो

प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण प्रयासों के अंतर्गत इस पोर्टेल की शुरूआत वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए की जाएगी इस वेब पोर्टल के शुरू होने से कर सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढाने में मदद मिलेगी केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे

पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में इन खबरों को बेबुनियाद बताया है

इन पुरस्कारों के लिए कृषि में नवाचार करने वाले किसानों का पंचायत समिति स्तर पर जिलेवार और राज्यवार चयन किया जायेगा

राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कलराज मिश्र ने इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किये हैं विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजे पत्र में राज्यपाल ने पौधों की देखभाल के लिए तीन सदस्यों की समिति बनाने के लिए कहा है

इसके तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय में निर्धारित संख्या में पौधे रोपे जायेंगे

इस वर्ष का विषय है वैश्विक गतिविधियों में युवाओं की प्रतिबद्धता उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायड ने देश के युवाओं से अपील की है कि वे ऐसे नये भारत का निर्माण करें जो गरीबी निरक्षरता और भ्रष्टाचार से मुक्त हो तथा सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाये सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने अपने संदेश में कहा कि यह दिन युवाओं की प्रतिबद्धता और भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में जागरुकता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है गहमंत्री अमित शाह ने टवीट के जरिए नौजवानों को शुभकामनाए देते हुए कहा कि भारत के पास विलक्षण महत्वकांक्षी और कौशल से सम्पन्न युवा शक्ति मौजूद है जो नये भारत के सपने को पूरा करने में योगदान देते रहेंगे

श्रोता अपने सुझाव माई जीओवी ओपन फोरम या नमो एप पर दर्ज करा सकते हैं

कोरोना महामारी के कारण इस बार सभी बड़े मंदिरों में आमजन के प्रवेश की रोक है इसलिए भगवान के जन्म की खुशियां घरों में ही साझा की जा रही हैं कई मंदिरों में वर्च्यअल तरीके से जन्मोत्सव में श्रद्धालूओं को शामिल करने की व्यवस्था की गई है राजसमंद के श्रीनाथ जी मंदिर में जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है

जयपुर स्थित गोविन्द देवजी मंदिर में भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई है

करौली के प्रमुख मदन मोहन जी मंदिर सहित विभिन्न कृष्ण मंदिरों में परम्परागत रूप से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है बीकानेर बांसवाड़ा झालावाड़ बूंदी सवाईमाधोपुर और भरतपुर में भी सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का पालन करते हुए जन्माष्टमी मनाई जा रही है राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं

आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा में नियुक्त शिक्षक पवन कुमार ने नई शिक्षा नीति को जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बेहतर बताया है

इनमें से एक लाख लोगों को कर्ज मंजूर भी कर दिए गए हैं इस योजना को लेकर रेहडी और पटरी विक्रेताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना व्यवसाय फिर शुरू करने के लिए सस्ती देरों पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं इस योजना के अंतर्गत एक वर्ष के लिए दस हजार रूपये का कर्ज बिना किसी जमानत के दिया जा रहा है इसके अलावा इन लोगों को कर्ज का नियमित भुगतान करने पर ब्याज में सात प्रतिशत वार्षिक की दर से सब्सिडी भी दी जाएगी डिजिटल लेनदेन करने वालों को एक हजार दो सौ रूपये का कैश बैक मिलेगा

प्रदेश से भी इस मिशन के तहत चार शहरों जयपुर उदयपुर कोटा और अजमेर को शामिल किया गया है पांच साल बाद आज शहर में रहने वाला आम भारतीय अपने शहर को नित नई ऊंचाईयों पर बढ़ता देख गर्व महसूस कर रहा है